प्रदेश में बाढ़ की स्थिति हुई गंभीर

और महेन्द्र सिंह धोनी और सुरेश रैना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से लिया संन्यास

श्री मोदी ने कहा कि इससे स्वास्थ्य क्षेत्र में एक नई क्रांति आयेगी

इलाज में आने वाली परेचानियां कम करने के लिए टैक्नॉलोजी का बहुत सुविचारित रूप से उपयोग होगा प्रत्येक भारतीय को हेत्थ आईडी दी जायेगी ये हेत्थ आईडी प्रत्येक भारतीय के स्वास्थ्य खाते की तरह काम करेगी आपके हर टेस्ट हर बीमारी आपको किस डॉक्टर के पास कौन सी दवा ली थी उनका क्या खयन्नोजिज था कव दी थी आपकी रिपोर्ट क्या थी ये सारी जानकारी इस एक हेत्थ आइडी में आपको समाहित की जाएगी श्री मोदी ने बताया कि भारत में कोरोना की तीन वैक्सीन परीक्षण के विभिन्न स्तरों पर हैं और वैज्ञानिकों की मंजूरी मिलने के बाद इनका पड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हो जायेगा

वैज्ञानिकों से जब हरी झंडी मिल जाएगी बडे पैमाने पर प्रोडेक्शन होगा और तेजी से प्रोडेक्शन के साथ हर भारतीय तक कम से कम समय में कैसे पहुंचे उसका खाका भी तैयार है उसका रूपरेखा भी तैयार है केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने एक हजार दिन में देश के प्रत्येक गांव तक ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने की प्रधानमंत्री की घोषणा का स्वागत किया है उन्होंने कहा कि दो हजार चौदह से पहले देश में केवल साठ गांव ऑप्टिकल फाइबर केबल से जुड़े थे पिछले पांच वर्ष में लगभग डेढ़ लाख ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ दिया गया प्रदेश में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है राज्य के सोलह जिलों में तेरह सौ तीन पंचायतों की इक्यासी लाख से अधिक की आबादी बाढ़ की चपेट में है वाल्मीकिनगर गंडक बराज से लगातार नदी में दो लाख इकतालीस हजार क्यूसेक से अधिक पानी छोड़े जाने के कारण पश्चिम चंपारण पूर्वी चंपारण और गोपालगंज समेत कई जिलों के नये इलाकों में बाढ़ का पानी फैल रहा है इधर बाढ़ प्रभावित अन्य जिलों से हमारे संवाददाताओं ने बताया कि बाढ़ के कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है समस्तीपुर जिले में लगभग तीन लाख लोग बाढ़ की चपेट में हैं और ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता

इधर नून नदी का पानी जिले के मोरवा और सरायरंजन प्रखंडों के नये क्षेत्रों में तेजी से फैल रहा है

मुजफ्फरपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में बाढ़ की स्थिति अभी सामान्य नहीं हुई है और ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता

और ब्यौरे के साथ हमारे दरभंगा संवाददाता साउंड बाईट दरभंगा जिले मे बाढ़ की स्थिति मे धीरे धीरे सुधार होने लगा है किंतु लोगों की मुश्किलें अब भी कम नही हुई है बागमती और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर मे कमी आने से कयी ईलाकों से बाढ़ का पानी निकला है ेकिंतु अमी भी शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के बहुत से घरों मे बाढ़ का पानी है ही पिछले पचीस दिनो से लगातार बाढ़ का पानी जमे रहने से महामारी की संभावना से लोग सहमे हुए हैं जहां से पानी निकल रहा है वहां चूना ब्लीचिंग पावडर छिड़काव करने की जरूरत है बाढ़ मे बहुत सी सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं इन सड़कों की मरम्मति के बाद ही आवागमन सामान्य हो सकेगा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की तैंतीस कंपनियां लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है बाढ़ग्रस्त इलाकों में दस राहत शिविर और सात सौ बयासी सामुदायिक रसोईघरों का संचालन किया जा रहा है जहां छह लाख से अधिक लोगों को तैयार भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है प्रदेश के अधिकांश नदियों के जलस्तर में उतार चढ़ाव जारी है प्रनप्रन नदी पटना में खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गयी है पिछले चौबीस घंटों में पुनपुन नदी का जलस्तर पचास सेंटीमीटर बढ़ गया है इधर पटना समेत पूरे प्रदेश में गंगा और सोन नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा है गंगा बक्सर में पैंतीस सेंटीमीटर पटना के दीघा में तीस सेंटीमीटर और गांधीघाट में बाईस सेंटीमीटर जबकि मूंगेर में सात और भागलपुर में तीन सेंटीमीटर बढ़ी हुई है वहीं बागमती नदी सीतामढ़ी के ढेंग सोनाखान कंटौझा मूजफ्फरपूर के बेनीबाद और दरभंगा के हायाघाट में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है ब्रढ़ी गंडक मुजफ्फरपुर के सिंकदरपुर समस्तीपुर रोसड़ा और खगड़िया में लाल निशान के ऊपर है अधावारा और खिरोई दरभंगा में खतरे के निशान के ऊपर है गंडक गोपालगंज में कमला बलान मध्रबनी में महानंदा पूर्णिया में और कोसी नदी सूपौल सहरसा और खगड़िया में खतरे के निशान के करीब है बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में आज हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है मौसम विभाग ने कहा है कि मॉनसून की ट्रफ लाईन राज्य के कई हिस्सों से गुजर रही है इसके प्रभाव से पटना सहित विभिन्न इलाकों में अगले चौबीस घंटों के दौरान बारिश और वजपात की भी आशंका है आपदा प्रबंधन विभाग ने वजपात को लेकर अलर्ट जारी करते हुये लोगों से कहा है कि बारिश के समय घर से बाहर न निकले प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में वृद्धि जारी है पिछले चौबीस घंटों में तीन हजार पांच सौ छत्तीस नये मामलों की पुष्टि के साथ ही संक्रमितों की संख्या एक लाख एक हजार नौ सौ छह हो गयी स्वास्थ्य विभाग के अनुसार सबसे अधिक चार सौ तिरानवे मामले पटना जिले से सामने आये हैं मध्बनी से एक सौ सतासी मुजफ्फरपुर से एक सौ छियासठ पूर्वी चम्पारण से एक सौ संतावन पूर्णियां से एक सौ बावन और कटिहार से एक सौ इक्यावन मामलों की प्रष्टि हुई है अन्य जिलों से भी पॉजिटिव मामले सामने आये हैं स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश क्मार सिंह ने बताया कि पिछले चौबीस घंटों में तीन हजार तीन सौ अड़सठ मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दी गयी स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर अड़सठ हजार छह सौ पचहत्तर हो गयी है स्वस्थ होने की दर सड़सठ दशमलव तीन नौ प्रतिशत है वहीं एक दिन में पन्द्रह लोगों की मौत के साथ ही मृतकों का आंकड़ा बढ़कर पांच सौ पन्द्रह हो गया है वहीं प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोविड उन्नीस के एक लाख इक्कीस हजार तीन सौ बीस नमूनों की जांच की गयी राज्य में अब तक ग्यारह लाख चौंतीस हजार अंठानवे नमूनों की जांच हो चुकी है इधर स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि कोरोना संक्रमण के जांच के लिये दस और आरटीपीसीसीआर मशीन खरीदे जायेंगे प्रधानमंत्री केयर फंड से मिलने वाली तीन मशीनें मोतिहारी पूर्णिया और मधेपुरा में लगाये जायेंगे अगस्त के अंतिम सप्ताह में प्रदेश के निजी मेडिकल अस्पताल कटिहार और किशनगंज में भी ये मशीन लगायी जायेगी उन्होंने कहा कि कोरोना मरीजों के इलाज में निजी अस्पतालों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर ए के वार्ष्णेय ने कहा है कि बिना लक्षण वाले लोगों से कोविड उन्नीस महामारी के संक्रमण का खतरा सबसे अधिक है ऐसे में मास्क और अन्य सुरक्षा उपाय हमेशा उपयोग में लाये जाने चाहिये

तब तक हमें जो प्रीक्योशनरी मेजर्स है वो फोलो करने हैं जहां जरूरत न हो उसमें घर से बिल्कुल बाहर न निकले कोशिश करे कम से कम बाहर निकलना और जबकि निकलना भी पड़ा घर से बाहर तो कोशिश करें कि जहां आप दो लोग खड़े हैं करीब दो मीटर दूर खडें रहें नहीं तो कम से कम एक मीटर दूर खड़े रहें भारत कोविड जांच क्षमता में निरंतर वृद्धि कर रहा है देश में पिछले चौबीस घंटों में रिकॉर्ड आठ लाख अड़सठ हजार छह सौ उनासी नमूनों की जांच की गई केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि जांच संक्रमित लोगों के संपर्क में आए लोगों की पहचान और उपचार रणनीति का कड़ाई से पालन करने के बाद यह संभव हुआ है देश में जांच प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़ने के कारण यह सफलता मिली है जनवरी में कोरोना जांच की केवल एक प्रयोगशाला थी जो अब बढ़कर एक हजार चार सौ पैंसठ हो गई हैं केंद्र सरकार ने एक ऐसे विज्ञापन में प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना के तहत किसानों को आधे दाम पर ट्रैक्टर दिए जाने के दावे को गलत बताया है केंद्र ने इस विज्ञापन को फर्जी बताते हुए कहा है कि ऐसी कोई योजना लागू नहीं है केंद्र ने लोगों से कहा कि वे ऐसे निराधार दावों और विज्ञापनों के छलावे में न आएं केंद्र ने यह भी अपील की है कि किसी सरकारी योजना से संबंधित पंजीकरण कराने या दस्तावेज प्राप्त करने से पहले अच्छी तरह तथ्यों की जानकारी लें भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेन्द्र सिंह धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने अपने पूरे करियर के दौरान सहयोग और समर्थन के लिये प्रशंसकों का आभार व्यक्त किया महेन्द्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारत ने दो हजार सात में आईसीसी ट्वेन्टी ट्वेन्टी विश्वकप दो हजार दस और दो हजार सोलह में एशिया कप दो हजार ग्यारह में आईसीसी क्रिकेट विश्वकप और दो हजार तेरह में आईसीसी चौम्पियंस ट्रॉफी जीती दाहिने हाथ के मध्यमक्रम बल्लेबाज और विकेट कीपर धोनी एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सर्वाधिक रन बनाने वालों में हैं इस फॉर्मेट में उन्होंने दस हजार से अधिक रन बनाये हैं सुरेश रैना ने भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि धोनी के साथ खेलना हमेशा सुखद अनुभव रहा है और धोनी के संन्यास लेने के बाद उन्होंने भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से अलग होने का फैसला किया है देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज दूसरी प्रण्यतिथि है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला और अनेक गण्यमान्य लोगों ने श्री वाजपेयी की समाधि सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की और अब अंत में मुख्य समाचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की शुरूआत की

प्रदेश में बाढ़ की स्थिति हुई गंभीर

प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में वृद्धि जारी

और महेन्द्र सिंह धोनी और सुरेश रैना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से लिया संन्यास